केन्द्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू का ऐलान प्रदेश में खोला जाएगा विंटर स्पोर्ट्स सेंटर

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें टीका उत्सव देशभर में चार दिन का टीका उत्सव आज से शुरू हो गया है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न जाए प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चार दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत सामाजिक और प्रशासनिक व राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी अपील प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी सदस्यों से टीका उत्सव को सफल बनाने का आग्रह किया है भाजपा नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जनता को टीकाकरण केन्द्र में ले जाने की व्यवस्था में भूमिका निभाएंगे और पंजीकरण में भी मदद करेंगे बैठक को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कोविड वैक्सीन को लेकर जनता के बीच जागरूकता की विशेष आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए लाहौल वैक्सीन टीका उत्सव के तहत जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में भी कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज ज़िले के दुर्गम क्षेत्र तिंदी सलग्रां हिंसा और स्पीति क्षेत्र की गियू पंचायत में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि पर चिंता जताई है शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है

इन राज्यों में पंजाब दिल्ली महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं मुख्यमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन की प्रभावी निगरानी के साथ जांच ट्रेसिंग और उपचार की दोहरी रणनीति पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए मुख्यमंत्री संदेश इस बीच प्रदेशवासियों के नाम जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते मौजूदा दौर में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया

चम्बा में आज रैली ऑफ चम्बा के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार के सहयोग से जल्द काम शुरू किया जाएगा केन्द्रीय खेल मंत्री ने बताया कि धर्मशाला चम्बा और डलहौजी क्षेत्रों के दायरे में एक खेल अकादमी भी खोली जाएगी उन्होंने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में औषधीय पौधों का बड़ी मात्रा में पौधरोपण किया जाएगा ताकि लोग इसके माध्यम से अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें उन्होंने चम्बा में मोटर कार व बाइक रैली के आयोजन के लिए ज़िला प्रशासन को बधाई दी और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया

किरन रिजिजू ने शिमला ज़िले के शिलारू स्थित खेल अकादमी को स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में अनेक सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है

उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गम्भीर हैं और इनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के अमरोह में आज जनसमस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

रेड क्रॉस प्रदेश रेड क्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर ने नशा मुक्त समाज के लिए सभी से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है मण्डी ज़िले के बालीचौकी में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से नशे की समस्या का समाधान संभव है उन्होंने कहा कि सरकार भी नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है